इस दौरान वे करोड़ों रूपये की योजनाओं के शिलान्यास व उद्घाटन करेंगे सोलन से हमारे प्रतिनिधि के अनुसार वे सन सिटी रोड बद्दी पर निमंत्रण रिजॉर्ट में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस समारोह की अध्यक्षता करते हुए एक जनसभा को संबोधित भी करेंगें

ये जानकारी सुक्ष्म लघू एवं मध्यम उद्यम केंद्रीय राज्यमंत्री गिरीराज सिंह ने कल पालमपुर में एक कार्यक्रम में वैज्ञानिकों और छात्रों को संबोधित करते हुए दी उन्होंने कहा कि बुनाई के कार्य में लगे लोगों के लिए इसी माह के अंत तक महत्वकांक्षी योजना शुरू की जा रही है जिसमें देशमर के करीब पांच करोड़ लोगों को जोड़ा जाएगा

उन्होंने संस्थान में तैयार स्टीविया की सराहना करते हुए कहा कि इसके उत्पादन के लिए किसानों को प्रेरित कर सुदृढ़ किया जा सकता है इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री और सांसद शांता कुमार ने संस्थान के प्रांगण में पौधारोपण भी किया मई दिवस आज अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस है ये दिन मजदूरों के अधिकारों व संघर्ष की याद दिलाता है इस मौके पर शिकागो के शहीदों को याद किया जाता है जिन्होंने आठ घंटे से ज्यादा काम न करने को लेकर अपनी शहादत दी थी अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने श्रमिकों को शुभकामनाए दी हैं उन्होंने कहा कि श्रमिकों के अनुशासन और समर्पण से देश का निर्माण हो रहा है और वे एक नए भारत की नींव रख रहे हैं राष्ट्रपति ने श्रमिकों को सच्चा राष्ट्र निर्माता बताया है इस मौके पर मजदूरो को लेकर प्रदेश में अनेक कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे मौसम राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज दिन की शुरूआत खिली धूप के साथ हुई है राज्य के मैदानी व निचले क्षेत्रों में जहां तापमान में वृद्धि दर्ज की जा रही है वहीं उपरी इलाकों में मौसम सुहावना बना हुआ है

एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है पंजाब केसरी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से लिखता है गग्गल एयरपोर्ट का विस्तार केंद्रीय मंत्रालय के विचाराधीन हिमाचल दस्तक के शब्द हैं हर चुनाव क्षेत्र को मिलेगा पीडब्ल्यूडी डिविज़न

जबकि अजीत समाचार के मुताबिक आम आदमी की भावनाओं को भली मांति समझता हूं

दैनिक भास्कर की एक खबर है घाटे में चल रहे एचपीएमसी को एग्रो इंडस्ट्री में मर्ज करने की तैयारी

आपका फैसला केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के हवाले से लिखता है एक करोड़ पांच लाख सब सैंटर बनेंगे निरोगी सेंटर इसी पत्र ने बकौल सांसद शांता कुमार लिखा है पर्यटन और उद्योग नीति में बदलाव की जरूरत कोटखाई गुड़िया दुष्कर्म मामले पर दैनिक सवेरा टाइम्स की सुर्खी है नीलू के भाई के सैंपल से हुई लीनिएज मैचिंग इसी पत्र की एक अन्य खबर है हिमाचल में पांच करोड़ तक के उद्योगों पर मोदी कृपा

सांसद शांता कुमार के ड्रीम प्रोजेक्टों के लिए सरकार की कदमताल शुरू दैनिक जागरण की खबर है हिमाचल दस्तक ने खबर दी है कुल्लू के बुजुर्गों को अस्पताल के चक्करों से मिलेगा छुटकारा मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू की एहसास योजना

दैनिक जागरण अपने सम्पाद्कीय एक और हादसा में लिखा है कि जब तक बाहर से आने वाले लोग हिमाचल की सर्पीली सड़कों पर वाहन चलाने में लापरवाही बरतेंगे तब तक ऐसे हादसे होते रहेंगे